मुख्यमंत्री ने कहा कोविड मरीजों से तय शुल्क से अधिक धनराशि वसूलने वाले निजी अस्पतालों पर हो कड़ी कार्रवाई केन्द्र व प्रदेश सरकार ने अपने कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांगों और गर्मवती महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दिये जाने के दिये निर्देश पिछले चौबीस घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के अट्ठाईस हजार छिहत्तर नये मामले सामने आये तैंतीस हजार एक सौ सत्रह मरीज हुए स्वस्थ कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें और अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपदों के कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में मानव संसाधन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये

उन्होंने समी जिलाधिकारियों को अपने जनपदों में रैपिड रिस्पॉन्स टीम की संख्या को तीन से चार गुना बढ़ाने के निर्देश दिये श्री योगी ने कहा कि निगरानी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षणयुक्त सभी व्यक्तियों की जांच करें और कोविड पॉजिटिव पाये जाने पर उन्हें मेडिकल किट उपलब्य करायें मुख्यमंत्री ने जनपदों में समेकित कमान और नियंत्रण कक्ष में कम से कम दस टेलीफोन नम्बर क्रियाशील करने के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिये पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित लोग तैनात किये जाएं और इनकी ड्यूटी तीन शिफ्ट में लगायी जाए इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और कोविड टीके को बर्बाद होने से हर हाल में बचाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेश ने प्रतिदिन ढाई से तीन लाख कोविड नमूनों की जांच की क्षमता विकसित कर ली है

कुछ निजी अस्पतालों में शासन द्वारा तय शुल्क दर से कई गुना अधिक की वसूली की भी जानकारियां मिली है इन घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने सख्त रूख अपनाते हुए कहा कि मरीजों और उनके परिजनों का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जा सकता समी जिलाधिकारी और सीएमओ ऐसे अस्पतालों पर नजर रखें और सख्ती के साथ कार्रवाई करें मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री स्तर से ऐसे अस्पतालों की निगरानी की जाये और एल वन एल टू और एल थ्री अस्पतालों के बेड की जनपदवार समीक्षा की जाये अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि ऑक्सीजन के लिये भारत सरकार से लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा है

एसजीपीजीआई केजीएमयू लखनऊ में बेड विस्तार की कार्रवाई हो रही है उन्होंने कहा कि हमें मिशन मोड में कार्य करते हुए बेड की वर्तमान क्षमता को दोग्ना करने की आवश्यकता है उन्होंने बताया कि टीम नाइन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में निजी बस परिवहन ऑपरेटर आधी क्षमता के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बसों को संचालित कर सकते हैं परिवहन विभाग इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कराये

कारोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उठाए गए कई कदमों के बाद अब सरकार ने यह एक और छूट दी है जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी गई है उन्हें घर से ही काम करना होगा इधर राज्य सरकार ने भी सरकारी व निजी कार्यालयों में बीमार दिव्यांग कर्मचारी और गर्मवती महिला कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दिये जाने को कहा है इन्हें कार्यालय आने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी

प्रदेश सरकार ने कहा है कि एक समय में एक तिहाई से अधिक कर्मचारी कतई उपरिथित न रहें

प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से जारी है

इस बीच प्रदेश सरकार ने जनपदों से प्रतिदिन आरटी पीसीआर जांच के लिए भेजे जाने वाले नमूनों का लक्ष्य बढ़ाकर एक लाख तीन हजार पांच सौ कर दिया है

प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है

पैंतालीस वर्ष की आयु से अधिक के नवासी लाख अड़तीस हजार चार सौ अट्ठानबे लोगों को टीके की पहली खुराक और पन्द्रह लाख एक हजार चौंतीस लोगों को कोविड टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है

भारतीय सशस्त्र बलों के अनुभवी चिकित्सकों ने राष्ट्र के आह्वान को देखते हुए आम मरीजों के लिए ऑनलाइन परामर्श देना शुरू कर दिया है सशस्त्र बलों के चिकित्सक ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परामर्श सेवाएं दे रहे हैं कोई भी रोगी इस ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से सशस्त्र बलों के चिकित्सा सेवा एएफएमएस के अनुभवी डॉक्टरों से अपने घरों पर रह कर ही ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं

इन दवाओं की प्रभावशीलता कई नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से साबित हो चुकी है बहु हितधारक अभियान यह सुनिश्चित करेगा कि दवाए पारदर्शी और कुशल तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचें सेवा भारती इस अभियान में मुख्य सहयोगी है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानएम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि सीटी स्कैन और बायोमार्कर का दुरुपयोग किया जा रहा है और इससे नुकसान हो सकता है उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के मामूली लक्षण हैं तो उसका सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हल्के लक्षणों वाले रोगियों के सीटी स्कैन में ऐसी चीजें दिख सकती हैं जो समय के साथ अपने आप ही ठीक हो जाती हैं

मस्जिदों में सिर्फ पांच लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए नमाज अता की सरकार ने इसके लिये दिशा निर्देश जारी किये थे मुस्लिम धर्म गुरू मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लखनऊ के ईदगाह में अलविदा की नमाज पढ़ी और कोरोना महामारी के खात्मे के लिये दुआ की रायदरेली जिले की सलोन विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री दल बहादुर कोरी का कल कोरोना संक्रमण से निधन हो गया

पिछले एक हप्ते से लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया उन्होंने कहा कि दलितों पिछड़ों गरीबों और किसानों के उत्थान के लिये सदैव प्रयासरत रहने वाले श्री दल बहादुर कोरी का निधन भाजपा और समाज के लिये अपूरणीय क्षति है